सुबह के समय मतदान धीमा रहा लेकिन दोपहर में लोगों ने उत्साह से मतदान किया और कई मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतार देखी गयी मतदान केन्द्रों पर कोविड़ से बचाव के लिये विशेष प्रबंध किये गये

सभी नगर निकायों में मतगणना रविवार को सुबह नौ बजे से होगी

इसी बीच आज पंचायत चुनावों के तहत राज्य के बीस जिलों में उप जिला प्रमुखों का चुनाव हुआ पंचायत समितियों में आज ही उप प्रधान भी चुने गये वहीं झालावाड़ में जिला प्रमुख का चुनाव आज हुआ जिसमें भाजपा की प्रेम बाई निर्वाचित घोषित की गई

बीटीपी विधायक राजक्मार रोत ने बताया कि उनकी पार्टी ने संकट में राज्य सरकार का साथ दिया लेकिन जिला प्रमुख चुनावों में कोंग्रेस ने उनके प्रत्याशी का समर्थन न करके धोखा किया है श्री रोत ने कहा कि बीटीपी राज्य सरकार से समर्थन वापस लेगी और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसका निर्णय किया जायेगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोट् भाई बसावा ने एक ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस भाजपा एक है और उनकी पार्टी राज्य सरकार से समर्थन वापस लेगी राज्य विधानसभा में बीटीपी के दो सदस्य हैं

भाजपा के आठ तथा कांग्रेस के छह सदस्य विजयी हुये जिले में भाजपा के सूर्य अहारी कांग्रेस सदस्यों के समर्थन से जिला प्रमुख निर्वाचित हुए जिसके बाद से बीटीपी कांग्रेस से नाराज है

श्री बिरला ने कहा कि नवजात शिश्ओं की मौत बेहद दःखद है उन्होंने कहा कि संसाधनों के साथ साथ चिकित्साकर्मी और नर्सिंग स्टार्फ भी पर्याप्त संख्या में होना चाहिये ताकि बच्चों की उचित देखभाल की जा सके

चार सदस्यीय इस समिति में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार निदेशक आरसीएच लक्ष्मण ओला एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग के दो वरिष्ठ आचार्य डॉ अमर जीत मेहता तथा डॉ रामबाबू शर्मा शामिल है चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि यह समिति शिशुओं की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की जांच करेगी साथ ही समिति जेके लोन अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट तीन दिन में राज्य सरकार को देगी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

नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को सुधार संबंधी जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खूले दिल से बातचीत को तैयार है उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के बारे में किसानों की सभी शंकाओं को दूर करना चाहती है

ब्यूरों की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लाए गए इन कानूनो से किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि इससे देश का कृषि ढांचा मजबूत होगा

टीम ने रूड़की में बनी इस दवा को बनाने वाली कंपनी के सी एण्ड एफ एजेंट और जयपुर दौसा चित्तौड में दवा विक्रेताओं के यहां कार्रवाई की